इन रेलगाडियों के माध्यम से स्टैच्य ऑफ युनिटी तक की यात्रा और सुगम हो जाएगी श्री मोदी ने कहा कि आज हम सबके लिए ऐतिहासिक दिन है आज एक भारत श्रेष्ठ भारत अपने सुन्दर रूप में परिलक्षित हो रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय रेल के इतिहास में पहली बार देशभर से आठ रेलगाडियां एक साथ एक गन्तव्य से जुड गई हैं उन्होंने कहा कि आज भारतीय रेल का मिशन और सरदार वल्लभभाई पटेल की परिकल्पना का समागम हुआ है श्री मोदी ने कहा कि केवड़िया के समान कोई दूसरा स्थान नहीं है और यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर बांध से जाना जा सकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि केवड़िया भारत में प्रमुख पर्यटन स्थल बनकर उभर रहा है श्री मोदी ने कहा कि द्नियाभर से पर्यटक केवड़िया आ रहे हैं और अमरीका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के मुकाबले केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने वालों की संख्या ज्यादा है श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से केवड़िया के जनजातियों का जीवन भी बदलेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि केवड़िया में अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और पास के जनजातीय गांवों में रोजगार का सुजन किया जा रहा है उधर आकाशवाणी से बातचीत में उत्तर रेलवे लखनऊ मण्डल के मण्डलीय रेल प्रबंधक संजय त्रिपाठी ने बताया कि वाराणसी से स्टैच्य ऑफ युनिटी तक पहंचने में लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी उन्होंने कहा कि हस्ते में तीन दिन संचालित होने वाली यह रेलगाडी एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रोत्साहित करेगी काशी के लोगों के लिये इसे वरदान बताते हुये श्री त्रिपाठी ने कहा कि इससे पर्यटन को बढावा मिलेगा और रोजगार की सम्भावनायें भी बढेंगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीन के टीकाकरण को भारत सरकार के गाइड लाइन के अनुरूप संचालित करने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव न किया जाय मुख्यमंत्री आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे बैठक में उन्हें अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में बाईस हजार छः सौ तैंतालिस लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज किये जाने के बावजूद पूरी सतर्कता बरतने पर जोर दिया प्रदेश में कल टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चलाया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में टीकाकरण कार्य का निरीक्षण किया मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया को वैक्सीन से संबंधित भ्रामक प्रचार रोकने पर काम करना चाहिए देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर छानबे दशमलव पांच आठ प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों में सत्रह हजार एक सौ मरीज स्वस्थ हुए इसके साथ ही देश में कोविड से एक करोड़ एक लाख छियानवे हजार से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं इस बीच कोरोना संक्रमण के पन्द्रह हजार एक सौ चौवालिस नए मरीज सामने आए हैं जिससे देश में कोरोना की चपेट में आये लोगों की संख्या बढ़कर एक करोड़ पांच लाख सत्तावन हजार नौ सौ को पार कर गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल एक सौ इक्यासी मरीजों की मौत के साथ संक्रमण से अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर एक लाख बावन हजार दो सौ चौहत्तर हो गई है देश में इस समय कोविड के दो लाख आढ हजार आढ सौ छब्बीस रोगी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण सर्दी के मददेनजर रैनबसेरों के सुचारू संचालन और अलाव की मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है श्री योगी लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कामों की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सर्दी के इस मौसम में कोई व्यक्ति खुले में न सोए और सभी रैनवसेरों में पूरी सुरक्षा और सफाई के समुचित प्रबन्ध के साथ साथ कोविड नाइन्टीन के प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कामगारों और श्रमिकों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है भारतीय जनता पार्टी ने राज्य विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के लिए कल अपने छः और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है जिन प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है वे हैं कुँवर मानवेन्द्र सिंह गोविन्द नारायण शुक्ल सलिल विश्नोई अश्वनी त्यागी डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति और सुरेन्द्र चौधरी भारत में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता लाने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कल से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ हो रहा है उद्घाटन समारोह नई दिल्ली में होगा और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी करेंगे